न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भारत के दीपक पूनिया ने विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाई

भारतीय समुदाय के इस आयोजन में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे भारतीय समयानुसार यह कार्यक्रम रात साढे आठ बजे से शुरू होकर करीब साढे ग्यारह बजे तक चलेगा

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में गरीबी उन्मूलन के विभिन्न उपायों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन और समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है

कल नई दिल्ली में चुनाव तारीखो की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि दोनों राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है

सुनील अरोड़ा ने राजनीतिक दलों से अपने प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने को कहा

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना कल जारी की जायेगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी

राज्य की दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा के बाद भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किये हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लडेगी और दोनों सीटें जीतेगी

श्री शाह ने कल नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के सांसदों के साथ बैठक की

यह मेक इन इंडिया के लिए बड़ा कदम है कल हैदराबाद के तेलंगाना में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की देश के प्रत्येक डाक मंडल में महिला डाकघर खोले जाएंगे जो कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल बिहार में एक समारोह में यह घोषणा की उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता के लिए डाकघर के खातों को आधार से जोड़ा जाएगा केन्द्र सरकार ने राजस्थान सहित पांच राज्यों के उच्च न्यायालयों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी है इन अदालतों के मुख्य न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में तबादले के बाद ये नियुक्तियां की गयी हैं सरकार ने कहा है कि इन न्यायालयों में स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होने तक संबंधित न्यायालयों के सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति कार्यभार संभालेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र भट्ट के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है

बाड़मेर जिले में अर्जुन अवार्डी इंडियन कार रेसर गौरव गिल की कार की टक्कर से कल एक दम्पति और उसके एक बच्चे की मौत हो गई गौरव गिल जोधप्र में इंडियन कार रैली में कार रेसिंग कर रहे थे हादसे के बाद आयोजकों ने रैली का जोधपुर चरण रद्द कर दिया है इधर अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे चारपाई पर बैठे एक बच्चे सहित दो लोगों को डंपर ने कुचल दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई इससे लोग आक्रोशित हो गये और उन्होंने अलवर सिकंदरा बाईपास पर जाम लगा दिया सूचना मिलते ही राजगढ़ और रेनी सहित आसपास से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया जूनियर विश्व चैम्पियन भारत के पहलवान दीपक प्रनिया ने विश्व कृश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है

यह अब तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सबसे अच्छा प्रदर्शन है मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का यह चौथा मैडल होगा

विश्व चैम्पियनशिप का रजत पदक जीतने वाले अमित पहले भारतीय मुक्केबाज हैं प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सक्रिय मानसून की बारिश हो रही है झालावाड़ जिले के अकलेरा और खानपुर में आज सुबह तेज बरसात हुई जिससे सड़कों पर पानी भर गया इससे पहले कल जालौर और भरतपुर में भी अच्छी बारिश हुई